प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी नामांकन का कल आखिरी दिन

हाउडी मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष का आहवान किया है

अमेरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प भी विशेष मैत्री सदभाव के तौर पर कार्यक्रम में उपस्थित थे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को समूल नष्ट करने का समय आ गया है किसी देश का नाम लिये बिना उन्होंने कहा कि पूरी दूनिया जानती है कि आतंकवाद को शह और समर्थन देने के पीछे किसका हाथ है उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़े हैं

उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका के मजबूत संबंध एक नये इतिहास के निर्माण के साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री ह्यूस्टन के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक दौरे के बाद सप्ताह भर की अमरीकी यात्रा के दूसरे चरण में न्यूयार्क पहुंच गए हैं

सेना प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि बालाकोट आतंकी मांड्यूल फिर से संक्रिय हो गए हैं और भारतीय सेना किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा सतर्क है आज चेन्नई में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी के कार्यक्रम से इतर उन्होंने कहा कि बालाकोट आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने कुछ समय पहले नष्ट कर दिया था लेकिन हाल में वे फिर सक्रिय हो गए हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत भेजने के लिए संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है लगभग पांच सौ आतंकवादी भारत में घ्रसपैठ की फिराक में हैं उन्होंने कहा कि भारतीय सेना संघर्ष विराम उल्लंघन से निपटना जानती है सेना सतर्क है और घ्रसपैठ के सभी प्रयासों को विफल कर दिया जायेगा जनरल बिपिन रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोई प्रतिबंध नहीं है केवल आतंकवादियों और पश्चिमी पड़ोसी देश में बैठे उनके आकाओं के बीच के संपर्क को तोड़ दिया गया है आम जनता के लिए टेलीफोन लाइनों पर कोई रोक नहीं है पीएम जन आरोग्य प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के लागू होने के एक वर्ष पूरा होने पर आज देश भर में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि आयुष्मान भारत केवल एक स्वास्थ्य देखभाल योजना ही नहीं है बल्कि यह उन पचास करोड से अधिक भारतीयों के लिए उम्मीद की किरण है जो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने एक ट्वीट में कहा कि आयुष्मान भारत को विश्व का सबसे बड़ा सरकारी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम माना गया है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आयुष्मान भारत के मुख्य् कार्यकारी अधिकारी इंद्रभूषण ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं साथ ही सूचना तकनीक तंत्र और स्वास्थ्य लाम पैकेजों को भी लामकारी बनाया जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का प्रक्रिया जारी है कल नामांकन का आखिरी दिन है आज भी विभिन्न जिलों में बडी संख्या में लोगों ने नामांकन किये

जिले में इस बार युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है

चनावों को स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए जिले में नियुक्त सभी जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को गोपेश्वर में पहला प्रशिक्षण दिया गया रूद्रप्रयाग पंचायत चुनाव रूद्रप्रयाग के जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष पारदर्शी बनाने के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गिठत की है उन्होंने कहा कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने से पहले प्रचार सामाग्री को समिति से प्रमाणीकरण लेना आवश्यक होगा जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों को निर्देश दिए कि कोई भी प्रत्याशी या प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी व्यक्ति द्वारा फेसब्क टवीटर यूटयूब इंस्टाग्राम एवं व्हाट्स एप के माध्यम से ऐसा कोई संदेश का प्रचार प्रसार नहीं करेगा जिससे धार्भिक जातीगत भावनाओ और सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो

पश्पालन विभाग की समीक्षा के द ौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पश्पालन विभाग की योजनाओं के लक्ष्य निर्घारित किये जाएं उन्होंने बद्री गाय के दूध उत्पादन के औसत को बढ़ाने के लिए भी विशेष ध्यान देने को कहा साथ ही स्थानीय मांग के हिसाब से पशु उत्पादों का लक्ष्य तय करने के निर्देश दिए

साथ ही पशुओं से मिलने वाले अन्य उत्पादों में भी बढ़ोतरी हुई है पशुओं के कत्रिम गर्भाधान के भी अच्छे नतीजे देखने को मिले

जिससे एक लाख एक हजार संतति पैदा हुई

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भेड़ बकरी विकास कार्यक्रम क्क्कट विकास कार्यक्रम और सीएम डैश बोर्ड में पशुपालन विभाग के लिए निर्घारित की परफॉर्मेँस इंडिकेटर में अगस्त तक की प्रगति की जानकारी ली सीएम बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जहरीली शराब मामले के मुख्य अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये हैं देहरादन लौटने पर मुख्यमंत्री ने गह आबकारी और पुलिस विमाग के अधिकारियों को तलब किया उन्होंने अधिकारियों से देहरादून के पथरिया पीर की घटना में की गई कार्रवाई की विस्तार से जानकारी ली मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा उन्होंने पुलिस और आबकारी विभाग को पूरे प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाने के निर्देश दिये आपदा प्रबंधन और बचाव उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से देहरादून और हरिद्वार जिलों में आपदा प्रबंधन और खोज बचाव का प्रशिक्षण दिया जा रहा है शेष जिलों में अक्टूबर से नवम्बर के बीच में प्रशिक्षण शुरू होंगे

मानसून अवधि के बाद कार्यक्रम का दूसरा चरण विभिन्न जनपदों में चलाया जा रहा हैं राज्य सरकार और यूएसडीएमए इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की जा रही है यूएसडीएमए की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिद्विम अग्रवाल ने ने कहा कि किसी गांव का समुदाय ही घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचकर अपने परिवार और परिचतों की जिन्दगी बचाता है इनको सक्षम बनाना प्राधिकरण की प्राथमिकता है

जिसमें उत्तराखंड के खिलाडियो ने व्यक्तिगत स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया